इस संविधान संशोधन के जरिये सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी नागरिक को आरक्षण देने का अधिकार मिल जायेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिभाषा तय करने का अधिकार सरकार पर छोड़ दिया गया है जो अधिसूचना के जरिये समय समय पर इसमें बदलाव कर सकती है इसका आधार पारिवारिक आमदनी तथा अन्य आर्थिक मानक होंगे

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने आलोक वर्मा को छट्टी पर भेजे जाने के केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आज श्री वर्मा को फिलहाल नीतिगत फैसलों से दूर रहने का आदेश भी दिया न्यायालय ने यह भी कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत गठित समिति इस मामले पर फिर से विचार करेगी तब तक श्री वर्मा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे न्यायालय ने जांच एजेन्सी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति रद्द कर दी है आलोक वर्मा और उपनिदेशक राकेश अस्थाना द्वारा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद सरकार ने दोनों को अक्टूबर में छ्टटी पर भेज दिया था वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करेगी उन्होंने कहा कि सी बी आई के इन दोनों अधिकारियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर छटटी पर भेजा गया था

इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफ एम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में शानदार पहल है

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति भी उपस्थित थे

इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हिन्दी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी

मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होने कहा कि प्रदेश में बजरी की कमी से राहत दिलाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता हैं उन्होंने कहा कि बजरी खनन के सम्बन्ध में न्यायिक प्रकरणों का परीक्षण कर विभाग तेज गति से काम करे ताकि बजरी की कमी पूरी की जा सके उन्होंने बजरी माफिया पर नियंत्रण और अवैध खनन रोकने के लिए सभी संभावित कदम उठाने के निर्देश भी दिए

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ एआईबीईए के महासचिव ने बताया कि बैंक अधिकारी हड़ताल में शामिल नहीं है हालांकि उन्होंने हड़ताल को समर्थन दिया है हड़ताल का प्रदेशभर में भी व्यापक असर देखा गया

मुख्य समारोह मानविकी पीठ सभागार में आयोजित हुआ

धौलप्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगामी पर्यटन नीति में धौलप्र को शामिल किया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने जिले के दौरे के वक्त यह घोषणा की

इसके लिए पार्टी की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि रैली को लेकर किसानों में उत्साह है उन्होंने कहा कि इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल होंगे रैली को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए गए हैं

श्री राठौड़ ने कहा कि किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस ने जो आंकड़े पेश किए हैं

चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि शीतलहर और कडाके की ठण्ड से यहां जनजीवन पर व्यापक असर पडा है

मौसम विभाग के अनुसार आगामी अड़तालीस घंटों तक श्रीगंगानगर झुंझुनूं सीकर चूरू हनुमानगढ़ अलवर भरतपुर और अन्य कई क्षेत्रों में शीतलहर चलने तथा सुबह कोहरा छाने की संभावना है